पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केन्द्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद हिमाचल को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भरपूर मदद दी गई है

अमित शाह ने कहा कि हिमाचल के लोगों के सहयोग से केन्द्र में एनडीए सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पैंशन का अपना वायदा पूरा किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब वर्ग के स्वास्थ्य की चिंता की है

अमित शाह ने पन्ना प्रमुखों से मेरा ब्रथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रचण्ड बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेने का आहवान किया उन्होंने कहा कि भारत को बांटने की बात करने वालों को केन्द्र सरकार बख्शेगी नही

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत हिमाचल के लाखों परिवारों को लाभ मिल रहा है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

बरागटा भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात कर प्रदेश के लिए कृषि व बागवानी को लेकर चर्चा की उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का पोस्ट हार्वेस्ट संस्थान खोलने का आग्रह किया ताकि हिमालयी क्षेत्र में आने वाले पहाड़ी राज्यों के लोग लाभान्वित हो सकें बरागटा ने प्रदेश में बागवानी व तकनीकी मिशन के तहत पंचायत स्तर पर वातानुकूलित भण्डार केन्द्र खोलने का भी आग्रह किया उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पैकेज देने के अलावा बागवानी तकनीकी मिशन के तहत उदार सहायता व उपदान देने की बात भी कही केन्द्रीय मंत्री ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा दिलाया

इसी कड़ी में सोलन व सिरमौर जिलों के युवाओं के लिए सोलन में युवा संसद कार्यक्रम हुआ

युवा संसद में भ्रष्टाचार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई

युवाओं ने इस संसद को लाभकारी बताते हुए कहा कि उन्हें कई बहुमूल्य जानकारियां मिली हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा मगर बाद दोपहर कई क्षेत्रों में घने बादल छा गए मौसम अनुकूल रहने पर जनजातीय क्षेत्रों सहित अन्य इलाकों में बर्फबारी से बंद सड़क मार्गो को खोलने का कार्य युद्वस्तर पर जारी रहा जनजातीय जिला किन्नौर में अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त है और पिछले एक सप्ताह से बिजली पानी व यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप्प है लोगों ने सरकार व प्रशासन से इन सुविधाओं को तुरन्त बहाल करने की मांग की है हालांकि उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि जिले में सबसे ज्यादा बिजली की समस्या बनी हुई है और इसे बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं

उधर लाहौल स्पिति जिले के भीतरी भागों ने बंद सड़कों से बर्फ हटाने के लिए बीआरओ ने मशीनरी लगा दी है संगठन ने तांदी पुल से आगे सिस्सु की तरफ बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया है केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने बताया कि बीआरओ से मिली जानकारी के अनुसार शाम तक केलंग उदयपुर सड़क मार्ग बहाल कर दिया जाएगा घाटी के लोगों ने अंदरूनी सड़क मार्गों को खोलने के अलावा नियमित हैलीकॉप्टर उड़ाने करवाने की मांग की है